उन्होंने कल बेंगलुरू में जीएसटी की नौवी बैठक के समापन के बाद संवाददाताओं से कहा कि जीएसटी नेटवर्क एक तीसरी आंख है जो ऑनलाइन किए गए सभी लेन देन पर नज़र रख सकती है

केन्द्रीय पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के अनुसार यह सर्वेक्षण देशभर के सभी जिलों में किया जायेगा इसके परिणाम निर्धारित पैमानों के आधार पर सभी जिलों और राज्यों की रैकिंग के रूप में की जायेगी

इस अवसर पर प्रदेशभर में कई कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे है विश्व युवा कौशल दिवस की पूर्व सन्ध्या पर कल जयपुर में मुख्यमंत्री वसंधरा राजे की उपस्थिति में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया

उन्होंने कहा कि प्रदेश ने लगातार तीन बार कौशल विकास में पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर स्वर्ण पदक जीता है उन्होंने कहा कि इस साल देश में सर्वश्रेष्ठ आईटी स्टेट चुना गया है

श्रीमती राजे ने कहा कि बाड़मेर जिले के पचपदरा में स्थापित हो रही रिफायनरी में भी स्किल डवलपमेंट ट्रेनिंग सेन्टर स्थापित किया जायेगा

परिवहन विभाग के एसीएस शैलेन्द्र अग्रवाल ने कल जयपुर में बताया कि सभी जांच प्रदूषण केन्द्रों को ऑनलाईन कर दिया गया है इसके माध्यम से प्रदूषण जांच नहीं कराने वार्ल वाहनों का ब्योरा तैयार किया जायेगा

इस कार्यक्रम के लिए श्रोता नरेन्द्र मोदी ऐप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं

श्री राठौड ने शहीद के परिवार से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया और कहा कि संदीप यादव की शाहदत पर देश को गर्व है

भीलडी गांव में कार पलट जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई जिले के चिरडिया गांव में अज्ञात वाहन की टक्कर में एक मोटरसाइकिल सवार की मृत्यु हो गई और दो अन्य गम्भीर रूप से घायल हो गए